सरकार ने देश में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की समय सीमा तय करने के लिये उच्च स्तरीय समितियों का किया गठन

नो मास्क नो एन्ट्री अभियान के तहत आज भी प्रदेश भर में आमजन को बांटे गये निशुल्क मास्क जिला प्रभारी मंत्रियों ने की शिरकत

आज पणजी में केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है उन्होंने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिये हाल ही में पारित तीन विधेयकों पर कहा कि इनको लेकर विपक्ष की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है श्री जावड़ेकर ने किसानों से अपील की कि वे नये कृषि कानूनों पर हो रही राजनीति के झांसे में न आएं

अपने साप्ताहिक संवाद में आज उन्होंने भावी उपायों की जानकारी देते हुये बताया कि देश में कोरोना वैक्सीन का परीक्षण तीसरे दौर में है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ चर्चा कर रही है ताकि वैक्सीन की आपूर्ति होती रहे और इसके भंडारण की सुविधा भी हो उन्होंने कहा कि वैक्सीन का परीक्षण पूरा होते ही तुरंत प्रतिरोधन की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या का आंकलन किया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना महामारी को वैश्विक चूनौती बताते हुये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर ही इसका समाधान द्रंढना होगा उन्होंने लोगों से कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने की अपील भी की है

संक्रमण से ठीक होने के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ रही है पिछले एक महीने में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर शत प्रतिशत रही है

प्रतापगढ और बांसवाड़ा में जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने आमजन को मास्क बांटे और कोरोना गाइडलाइन की पालना की सलाह दी बांसवाड़ा में उन्होने कोरोना जागरूकता को लेकर निकाली गई बाईक रैली को हरी इंडी दिखाई श्रीगंगानगर में अभियान के तहत जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बिना मास्क वाले लोगों को मास्क उपलब्ध कराये अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ गूंजन सोनी ने ऐसे लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी सवाई माधोपुर के प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया बीकानेर में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने लोगों से कोरोना गाईडलाईन की पालना करने का आग्रह किया इधर कोटा में विधानसभा अध्यक्ष डॉ सी पी जोशी ने आमजन से मास्क को गहने के समान संभाल कर रखने की अपील की इधर दौसा में प्रभारी मंत्री अशोक चांदना ने जिला मुख्यालय पर जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई और लालसोट रोड़ पर जगह जगह मास्क का वितरण किया भरतपुर में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने मास्क बांटे

क्षेत्र ँ सरसंघचालक डॉ रमेश ने बताया कि सरसंचालक डॉ मोहन भागवत की उपस्थिति में आज दूसरे दिन जयपुर प्रांत के कार्यकर्ताओं से संघ की गतिविधियों में समाज के सभी वर्गो को जोड़ने का आहवान किया गया

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश प्रनिया ने कहा कि पिछले दिनो उत्पीडन के कई मामले सामने आये हैं इनके विरोध में पार्टी की ओर से प्रदेश भाजपा कार्यालय से सिविल लाईन्स फाटक तक पैदल मार्च निकाला जायेगा जिला मुख्यालयों पर भी कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा जायेगा

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने कोरोना के सभी प्रोटोकॉल की पालना करते हुए रिकॉर्ड वोटिंग के लिए मतदाताओं का आभार जताया आयोग के अनुसार छुट पुट घटनाओं को छोड़कर सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ हालांकि धौलपुर जिले में सैंपउ तहसील की वराह ग्राम पंचायत में चुनाव परिणाम के बाद हुए उपद्रव से उपजे हालात को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है

सवाई माधोपुर में इस मौके पर कोरोना गाइडलाईन की पालना करते हुये कार्यकम रखा गया और बच्चों की विभिन्न प्रतियोगितायें आयोजित की गई